राज्य कैबिनेट और मंत्रीपरिषद की बैठक अब से कुछ देर बाद होगी शुरू

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर देश और प्रदेश में आयोजित हये कई कार्यक्रम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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमर्ते कम करने के उपाय करने चाहिए

इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी मंत्रीमंण्डल की बैठक में विधानसभा में लाये जाने वाले विघेयकों को मंजूरी दिये जाने की संभावना है इसके अलावा प्रदेश की चार सीटों पर होने वाले विधानसभा उप चुनावों की तैयारियों के संबंध में भी मंथन होने की संभावना है इन बैठकों में मुख्यमंत्री विधायकों के काम करने को लेकर भी मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं

उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है आज सदन में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह मामला उठाया दोपहर बाद इसका जवाब देते हुए श्री धारीवाल ने कहा कि यह स्थिति केवल पुलिस और सरकार ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ कलंक है

इस बारे में बोलते हये प्रतिपक्ष के नेता ग़ुलाब चंद कटारिया ने कहा कि दागी अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्यवाही की जाये ताकि बाकी लोग इससे सीख ले सकें

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड़ टीकाकरण के मामले में राज्य पूरे देश में अव्वल है

इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में इस माह बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है

इस माह में जयपुर उदयपुर राजसमंद कोटा डूंगरपुर जोधपुर भीलवाड़ा तथा अजमेर जिलों में कोरोना के नये मामले ज्यादा आये है

ईश्वर परिजनों को सम्बल दें और दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनावरहित माहौल बनाने के उद्देश्य से शुरु किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है

उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढाने के लिए यह दिन मनाया जाता है उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयुष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले श्री जावडेकर ने लोगों से आग्रह किया के वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये इस मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने आज बताया कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है उन्होंने बताया कि इस आईपीओ से जीवन बीमा निगम में निवेश बढ़ेगा

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री निशंक ने कहा कि जो कॉलेज बीएड कार्यक्रम के मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है

कांग्रेस के शशि थरूर ने संघीय ढांचे के उल्लंघन सहित तीन आधारों पर इसका विरोध किया श्री जोशी ने कहा कि केवल विधायी क्षमता के आधार पर ही आपत्तियां की जा सकती हैं उन्होंने कहा कि विनियमन और विकास केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है